हालांकि नई दिल्ली में हुई भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की चारों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई और जानकारी के अनुसार पार्टी ने हिमाचल के लिए नाम तय कर दिए हैं सूत्रों के अनुसार कांगड़ा संसदीय सीट से वरिष्ठ भाजपा नेता शांताकुमार द्वारा चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर का नाम कांगड़ा सीट से तय बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार इधर शिमला संसदीय सीट से भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप की जगह पार्टी ने पच्छाद के विधायक सुरेश कश्यप के नाम पर मुहर लगाई है केंद्रीय चुनाव समिति ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और मंडी से रामस्वरूप शर्मा को ही टिकट देने का फैसला लिया है हालांकि पार्टी की ओर से फिलहाल अपने प्रत्याशियों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है इस बीच कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए लगातार मंथन कर रही है

किशन कपूर इस बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वह उनके लिए सर्वोपरि होगा किशन कपूर ने कहा कि वे हमेशा से पार्टी के सिपाही रहे है और पार्टी द्वारा सोंपी जाने वाली जिम्मेदारी को वे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और कृटनीति के कारण आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है श्याम सरन नेगी किन्नौर जिले में कल्पा निवासी देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी को जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम का ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया है कल्पा के उपमंडल अधिकारी सुरेंद्र ठाक्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके उन्होंने कहा कि मास्टर श्याम सरन नेगी देश के पहले मतदाता हैं और अधिक से अधिक संख्या में युवा उनसे प्रेरणा लेकर मतदान करेंगे सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मतदान के दिन जिला प्रशासन मास्टर श्याम सरन नेगी का मतदान केंद्र पर रैड कारपेट बिछाकर स्वागत करेगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा सम्मान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाली अपराजिता चंदेल को आज राज भवन में सम्मानित किया एक निजी हिन्दी समाचार पत्र समूह द्वारा शुरू किए गए महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत सम्मानित किया गया राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल करना बेटियों के लिए गर्व की बात है राज्यपाल ने अपराजिता चंदेल को उनकी सफलता के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जगत सिंह नेगी किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य न रोकने का सरकार से आग्रह किया है रिकांगपिओ में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी के कारण जनजातीय इलाकों में विकास कार्य करने के लिए बहुत कम समय होता है और ऐसे में चुनाव आचार संहिता की आड़ में विकास कार्य नहीं रोके जाने चाहिए जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त गोपाल चंद से भेंट कर ज़िले में विकास कार्य जारी रखने की मांग की मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले दो दिन से मौसम साफ बना हुआ है जिससे अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सैल्सियस की बढ़ौतरी दर्ज की गई है लाहौल स्पिति ज़िले में भारी बर्फबारी से प्रभावित हुआ जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है दुर्गम क्षेत्र मियाढ़ व तिंदी में बर्फबारी के डेढ़ महीने बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है इन क्षेत्रों में बिजली की तारे और खम्भे हिमस्खलन से ट्रट चुके हैं अधिशासी अभियंता बिक्रम राणा ने बताया कि मौसम अनुकूल होने पर इन इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी इस बीच लगातार खराब मौसम के चलते लाहौल घाटी में हैलीकॉप्टर उड़ाने बाधित हो रही है सिस्सू पंचायत के उपप्रधान मनोज आज चार लोगों के साथ पैदल रोहतांग दर्रा पार करके मनाली पहुंचे उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा के दृष्टिगत कोकसर व मढ़ी में बचाव चौकियां स्थापित करने की मांग की है

कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि इस दौरान मासिक लेखों भविष्य निधी के अंतिम भूगतान मामलों पैंशन और विधिक मामलों की समीक्षा के दौरान पाई जाने वाली विसंगतियों पर चर्चा की जाएगी